इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक श्रीमती टी पर्टिन लोया सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे अपने संबोधन में श्री लिबांग ने जननी और शिशु सुरक्षा से जुड़ी योजना का लाभ प्रदेश के दूरदराज के इलाकों तक पहुंचाने का आह्वान किया उन्होंने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण को सुनिश्चित करने को कहा इस मौके पर महिला और बाल विकास विभाग की निदेशक टी पर्टिन लोया ने बताया कि काम करने वाली महिलाएं जिन्हें किसी तरह के मेटरनिटी का लाभ नहीं मिलता है उन्हें इस योजना में शामिल किया जायेगा हालही में खोंसा वेस्ट विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित चाकत अबोह को विधानसभा सदस्य के रुप में आज शपथ दिलाई गयी विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने ईटानगर में विधानसभा सचिवालय के दोरजी खांडू सभागार में उन्हें शपथ दिलाई श्रीमती अबोह के पति एन पी पी नेता तिरोंग आबोह की संदिग्ध एनएससीएन उग्रवादियों ने इक्कीस मई को हत्या कर दी थी खोंसा वेस्ट विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में श्रीमती अबोह निर्दलीय उम्मीदवार के रुप में चुनी गयी उन्होंने एक अन्य निर्दलीय उम्मीदवार अजेत होमटोक को एक हजार आठ सौ सत्तासी वोटों से हराया अब साठ सदस्यों की अरुणाचल विधानसभा में महिला विधायकों को संख्या चार हो गयी है सदन में भाजपा के इकतालीस जनता दल यूनाइटेड के सात कांग्रेस और एनपीपी के चार चार पीपीए का एक और तीन निर्दलीय विधायक है केंद्रीय सतर्कता आयोग आज से दो नवंबर तक सतर्कता जागरुकता सप्ताह आयोजित कर रहा है ताकि लोगों के सहयोग से सर्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा मिले सतर्कता जागरुकता सप्ताह का विषय निष्ठावान जीवन शैली रखा गया है आयोग ने कहा है कि इस विषय से समाज के सभी वर्गों विशेषकर युवाओं को नैतिक आचरण का पता चलेगा और ईमानदार भेदभाव रहित और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाया जा सकेगा केंद्रीय कार्मिक सार्वजनिक शिकायत और पेंशन विभाग ने कहा है कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए केवल कानून बनाना और संस्थान खोलना पर्याप्त नहीं है बल्कि मानवीय मूल्य और नैतिकता अपनाना भी जरुरी है आयोग ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और संगठनों को अपने अपने संस्थानों में और लोगों तक पहुंच कर सतर्कता सप्ताह के विषय से जुड़ी गतिविधियां आयोजित करने का अनुरोध किया है इन गतिविधियों में कर्मचारियों को सत्य निष्ठा की शपथ दिलाना निवारक सतर्कता तिविधियों के बारे में पंपलेट और पर्चे बांटना भ्रष्ट लोगों की जानकारी देना और भ्रष्टाचार रोकने के अन्य उपाय शामिल है दूरदर्शन केंद्र ईटानर में वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी ओ बी भट्टाचार्य के नेतृत्व में केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की शपथ ली मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय खेल और युवा मामला मंत्री किरेन रिजिजू ने कल शाम तवांग जिले से लगे भारत चीन सीमा के चुना सेना चौकी पर जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ दिवाली का त्यौहार मनाया उन्होंमने जवानों को मिठाईयाँ बांटी और शुभाकामनाएं दी विधायक कालिंग मोयोंग ने लोगों से सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ने की अपील की है ईस्ट सियांग जिला के ताकिलालुंग में दोन्यी पोलो येलाम केबांग के के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोयोंग ने समाज के वरिष्ठ नागरिकों से स्थानीय बोली के प्रति युवाओं में रुचि जगाने की अपील की राजधानी क्षेत्र ईटानगर के चिंपू में आयोजित विश्वकर्मा कप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब मणिपुर की टीम ने जीता है

राज्य के फुटबॉल खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस मैच में राज्यभर की प्रमुख फुटबॉल क्लब की टीमों ने हिस्सा लिया एन ई सी एन ई ताम्चोन फुटबॉल प्रतियोगिता शुरु हो गयी है कल शाम नई दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित रंगारंग समारोह में पूर्वोत्तर के इस सबसे बड़ी युवा प्रतिभा खोज पर आधारित फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ पंद्रह दिनों तक चलने वाली इस फुटबॉल प्रतियोगिता में क्षेत्र की सोलह टीमें हिस्सा ले रही है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 आज का अधिकतम तापमान बत्तीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान उन्नीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया